वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में कहा राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में लगभग तीन लाख पैंसठ हजार दिव्यांगों को हर माह एक हजार रुपए देगी पेंशन नई दिल्ली में आज आयोजित होने वाले स्टेकहोल्डर सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देशभर के उद्योगपतियों को झारखंड में निवेश के अवसरों से कराएंगे अवगत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अप्रैल से वाहनों में चालक के साथ वाली सीट के लिए एयरबैग की व्यवस्था को किया अनिवार्य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

समिति की पहली बैठक सोमवार को होगी जिसमें तैयारी की रूपरेखा तय की जाएगी

इस अवसर पर मोदी ने कहा कि सक्षम नीतियों कानूनों और नियमों के साथ ही व्यवहार में बदलाव के जरिए जलवाय् परिवर्तन जैसी समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है प्रधानमंत्री ने सेरावीक पुरस्कार भारत के लोगोंको समर्पित करते हुए कहा कि भारत की समृद्ध परम्परा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सेराविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल जन औषधि दिवस समारोहों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे

श्री मोदी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ चर्चा करेंगे और इस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वालों को पुरस्कृात भी करेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का उद्देश्य कम कीमत पर स्तरीय दवाएं उपलब्ध कराना है जन औषधि के बारे में लोगों को और अधिक जागरूक बनाने के उद्देश्य से मार्च महीने का पहला सप्ताह जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में लगभग लीन लाख पैंसठ हजार दिव्यांगों को हर माह एक हजार रुपए पेंशन देंगी वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कल विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान यह जानकारी दी

फिलहाल किसानों के पचास हजार रुपए तक के ऋण को सरकार ने माफ किया है उन्होंने सदन को बताया कि राज्य में किसानों पर लगभग पांच हजार सात सौ सतहत्तर करोड़ का ऋण है उन्होंने सदन को बताया कि लगभग पन्द्रह लाख लोगों का राशन कार्ड बनाया जाएगा जिन्हें एक रुपए की दर से अनाज दिया जाएगा इधर विधानसभा सत्र के छठे दिन कल विपक्ष के हंगामे के कारण पहली पाली में दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी

रेल मंत्रालय ने देवघर के जसीडीह स्टेशन से गोवा के लिए नई सीधी ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है गोड्डा के सांसद निशिकांत दूबे ने इस ट्रेन को शुरू करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को दिया था रेल मंत्री पीयुष गोयल ने सांसद को पत्र लिखकर जसीडीह गोवा नई ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी

इनमें तीन लाख नौ हजार चार सौ इकहत्तर हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली खुराक और चौवन हजार चार सौ नवासी को दूसरी खुराक दी जा जा चुकी है साठ साल से अधिक आयु के पच्चीस हजार दो सौ उनचास लोगों और विभिन्न रोगों से पीड़ित पैंतालीस साल से अधिक उम्र के दो हजार पांच सौ नवासी व्यक्ति को पहला टीका लग चुका है इधर कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल तीन हजार पांच सौ छियान्बे हेल्थ वर्कर्स तथा फ्रंटलाइन को पहली खुराक और सात हजार दो सौ इकहतर को दूसरा टीका लगाया गया वहीं साठ साल से ज्यादा उम्र के सात हजार सात सौ सतासी लोगों और विभिन्न रोगों से पीड़ित पैंतालीस साल से ज्यादा उम्र के छह सौ छियासी लोगों को पहला टीका लगा

उद्योग विभाग की ओर से आज नई दिल्ली में स्टेकहोल्डर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन देशभर के उद्योगपतियों को झारखंड में निवेश के अवसरों से अवगत कराएंगे वे उद्योगतियों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देंगे ताकि वे यहां निवेश करने के लिए आकर्षित हों इस सम्मेलन में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और उद्योग सचिव पूजा सिंघल भी मौजूद रहेंगी

केंद्र सरकार ने अब गाडियों में चालक के साथ वाली सीट के लिए एयरबैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष एक अप्रैल से तैयार किए जाने वाले नये मॉडलों में यह व्यवस्था करनी होगी

गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के द्वारसैनी जंगल के निकट बीती रात तेज रफ्तार से जा रहे एक वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से तीन युवकों की मौत हो गई इस दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है देवघर और जामताड़ा जिलों से कल पन्द्रह साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं

अहमदाबाद में खेले जा रहे दिन रात के टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने सात विकेट पर दो सौ चौरान्वे रन बना लिए थे इससे पहले इंग्लैंड ने पहली पारी में दो सौ पांच रन बनाए थे इस तरह पहली पारी में भारत को अबतक नवासी रन की बढ़त मिल चुकी है भारत के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने जहां शतकीय पारी खेली वहीं वाशिंगटन सुंदर साठ रन पर नाबाद हैं

ग्मला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के आमटोली बुरुहातू में तेईस फरवरी को एक परिवार के पांच लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की रांची शाखा के अध्यक्ष के लिए कल चुनाव होगा इस पद के लिए दो उम्मीदवार मैदान में हैं जबकि लगभग आठ सौ पचास चिकित्सक मतदान में भाग लेंगे बोकारो स्थित सेल प्रबंधन ने आर्थिक तंगी से गुजर रही राष्ट्रीय तीरंदाज चौंपियन ममता टुडू को डे बोर्डिंग आर्चरी सेंटर में कोच के पद पर नियुक्ति किया है

अखबारों की सुर्खियां राज्य के लगभग सभी अखबारों में वित्त मंत्री द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में किसानों का एक लाख रूपये तक का ऋण माफ करने के विधानसभा में दी गई जानकारी पहले पन्ने की लीड खबर है पुलिस ने नहीं दी गाड़ी तीस किलोमीटर तक बाईक में ढोया शव शीर्षक से खबर को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर लिया है वहीं दैनिक हिन्दुस्तान ने सीबीएससी द्वारा बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव की खबर को पहले पन्ने पर लिया है दैनिक भास्कर ने वैक्सीन लगवाने में सांसदों पर भारी पड़ रहे आम बुजूर्ग शीर्षक से खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है वहीं दैनिक जागरण ने नक्सलियों द्वारा डायरेक्शनल बम नामक नया घातक हथियार बनाने की खबर को पहले पन्ने पर छापा है